समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अयोध्या में पार्टी प्रत्याशी आनन्द सेन यादव के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया श्री यादव ने कहा कि यह चुनाव देश के राजनैतिक परिदृश्य को बदलने का महत्वपूर्ण अवसर है

भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि दो हज़ार चौदह में देश के किसानों युवाओं और अन्य वर्गो से किये गये अपने वादों को निभाने में भाजपा पूरी तरह विफल साबित हुई है सपा प्रमुख ने दावा किया कि चुनाव के परिणाम आने के बाद सभी दल मिलकर केन्द्र में गैर भाजपा सरकार बनायेंगे श्री यादव ने कहा कि यदि उन्हें मौका मिला तो अयोध्या को विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जायेगा बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक दूसरे का पूरक बताते हुए लोगों से इन दोनों पार्टियों से सर्तक रहने का आहवान किया है सुश्री मायावती आज सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र के अकारीपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी उन्होंन कहा कि कांग्रेस देश में सबसे ज्यादा सालों तक सत्ता में रही है लेकिन उसके शासनकाल में दलितों और पिछड़ों को सिर्फ उपेक्षा का सामना करना पड़ा है बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यदि गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों और य्वा बेरोजगारों को स्थाई रोजगार दिया जायेगा पांचवें चरण का प्रचार अभियान कल शाम पांच बजे समाप्त हो जायेगा इस चरण में आगामी छह मई को प्रदेश के जिन चौदह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाय गे उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैज़ाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा शामिल हैं इन सभी सीटों पर दो करोड़ सैंतालीस लाख नौ हज़ार पांच सौ पन्द्रह मतदाता चुनावो समर में उतरे कुल एक सौ इक्यासी प्रत्याशियों के राजनैतिक भाग्य का फैसला करेंगे सुचारू मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिये सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कुल सोलह हज़ार एक सौ छब्बीस मतदान केन्द्र बनाये गये हैं इस चरण में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से पुनः अपना राजनैतिक भाग्य आज़मा रहे हैं श्री गांधी का भाजपा प्रत्याशी और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुकाबला है वहीं लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम और सपा बसपा गठबंधन की प्रत्याशी प्रनम सिन्हा चुनाव मैदान में हैं धौरहरा सीट पर कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं जबकि फैजाबाद सीट पर भाजपा के निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह फिर से चुनाव मैदान में हैं इसी सीट से प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री और गठबंधन प्रत्याशी आनन्द सेन यादव चुनाव लड़ रहे हैं बहराइच सुरक्षित सीट से भाजपा से हाल में ही कांग्रेस में शामिल हुई निवर्तमान सांसद सावित्रीबाई फुले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है उनके मुक़ाबले में गठबंधन प्रत्याशी शब्बीर बाल्मोकि और भाजपा प्रत्याशी अक्षयवर लाल गौंड हैं बाराबंकी सुरक्षित सीट से भाजपा ने पार्टी विधायक उपेन्द्र रावत को टिकट दिया है जबकि पूर्व सांसद राम सागर रावत गठबंधन के उम्मीदवार हैं इस सीट से कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को चुनावी समर में उतारा है निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि संभल में स्ट्रांग रूम में सील तोड़कर उसमें रखी ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत तथ्यों से परे हैं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकटेश्वर लू ने लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि बदायू संसदीय क्षेत्र के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीन जो स्ट्रांग रूम में रखी गई थी के साथ छेड़छाड़ किये जाने की आशंका जताते हुए समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य अरविन्द कुमार सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस बारे में लिखित प्रतिवेदन दिया था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

ओडिशा में भीषण चक्रवात फोनी से भुवनेश्वर और आसपास के इलाकों में कई जगह हजारों पेड़ और बिजली के खम्भे उखड़ गये तथा कच्चे मकान पूरी तरह नष्ट हो गये हैं लगभग इन सभी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क ठप्प है संचार व्यवस्था और बिजली आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित है आज सुबह आठ बजे पुरी तट पर आये इस भीषण चक्रवात से भारी बारिश होने की ख़बर है राहत और बचाव कार्यो के लिये राष्ट्रीय आपदा राहत बल की अड़तालीस टीमें लगी हुई है ओडिशा में आये इस चक्रवात से प्रदेश के कई ज़िलों में मौसम में भारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है

हालांकि मौसम विभाग ने उड़ीसा में आने वाले चक्रवात फैनी की चेतावनी पहले से दे रखी थी इसके बावजूद मड़ाई होने से बची कुछ किसानों की खेत मे पड़ी फसल तबाह हो गई है तेज हवाओं ने कुछ लोगों का आशियाना भी उजाड़ दिया है जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि पीड़ित परिवारों की दैवीय आपदा राहत से अनुमन्य आर्थिक सहायता के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा वहां से स्वीकृति मिलने के बाद पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जायेगी मनोज त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार चंदौली पीलीभीत जिले में आज सुबह पूरनपुर और बिलसंडा में तेज बारिश हुई तेज हवाओं के साथ बारिश होने से गेहूं की कटाई प्रभावित हुई है जबकि पानी गिरने से साठा धान और गन्ने की फसल को लाभ हुआ है

जैसे कुछ क्षेत्रों में अभी गेहूं की फसल लोगों ने नहीं उठाई थी खेत में गेहूं कटा हुआ था भूसा पड़ा था तो उसे नुकसान हुआ है इसके साथ साथ अगर आम की फसलों पर जो इस समय छोटे छोटे फल है उनका भी गिरने से नुकसान है बाकी गन्ने की फसल के लिये यह बारिश बहुत अच्छी रही

प्रदेश में अलग अलग दुर्घटनाओं में दस लोगों की मौत हो गई जबकि बत्तीस लोग घायल हो गये हैं हरदोई ज़िले की देहात कोतवाली के बरगावां के पास एक ट्रैक्टर ट्राली के असंतुलित होकर पलट जाने से चार महिलाओं और एक बच्चे की मौक पर ही मौत हो गई इस सड़क हादसे में उन्तीस लोग घायल हो गये हैं जिन्हें उपचार के लिये जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है यह सभी सुरसा इलाके के रहने वाले हैं और पिहानी के उल्लही गांव से मुंडन करा कर लौट रहे थे उधर चन्दौली ज़िले के सैय्यदराजा शहाबगंज और सदर कोतवाली इलाके में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति की तेज आंधी से गिरे पेड़ की चपेट में आने से मृत्यु हो गई वहीं बरेली के मीरगंज में एक कैंटर में बिजली के तारों की चपेट में आने से आग लग गई जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गये हैं जिनमें एक की हालत नाजक बताई गई है

लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा था कि मतदान केंद्रों की यह संख्या काफ़ी नहीं है मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो और महिला ग्राम इंटर कॉलेज के सहयोग से आज प्रयागराज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया देश के विकास में योगदान करें आओ सब मिलकर मतदान करें की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुशासन के लिये बेहतर सरकार बनाने का देशवासियों को स्वतंत्र अधिकार हासिल है जिसका उपयोग कर योग्य उम्मीदवारों को प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिये चुना जा सकता है इस अवसर पर मतदाता जागरूकता के लिये आयोजित प्रतियोगिता में सफल बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया